हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पर केन्द्रित हरियाणा की नई उद्योग नीति एक नवंबर को हरियाणा दिवस पर लाग होगी

केन्द्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब की मण्डियों में धान की जल्द आवक को देखते हुए दोनो राज्यों में आज से धान की खरीद को मंजूरी दे दी है उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा कि इससेयह सुनिश्चित होगा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने में सुविधा हो मंत्रालय ने कहा कि पहली अक्तूबर से धान की खरीद के लिए पहले ही सभी प्रबंध मुकम्मल किए गए हैं और भारतीय खाद्य निगम सहित राज्य खरीद एजेंसियां इसकी सुचारू खरीद के लिए तैयार हैं

सभी एजेंसियों हैफेड हरियाणा राज्य भण्डारण निगम और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सभी इंतजाम किए जा चुके हैं

इससे भी किसानों को कार्फी सुविधा मिलेगी हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से खेतों में पराली न जलाने का आहवान किया है उन्होंने किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन के तहत कृषि उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाकर पर्यावरण को बचाने की अपील भी की श्री देलाल आज पानीपत लिये के इसराना खण्ड के परढाना गांव में कृषि अवशेष के लिए नवयुग उद्यम अनुसंधान और विकास संयंत्र का उदघाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को पराली को विभिन्न प्रकियाओं में गुजारकर कोयला व टार तैयार करनी चाहिए जिससे सडकों का निर्माण होता है इस मौके पर सांसद संजय भाटिया और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यकम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार सांझा करेंगे

आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के युट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जायेगा

तीनों संगठनों की ओर से कर्ण बेनीवाल ने उपायुक्त को विधेयकों के समर्थन में ज्ञापन दियो उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से लाए गए ये तीनों विधेयक किसानों के हित में हैं उन्होंने विधेयक का समर्थन करते हए केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है िकइस बार हरियाणा दिवस पर पर नई उद्योग नीति लागू की जायेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग नीति लघु सूक्षम और मध्यम उद्योगों तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान पर केन्द्रित है इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला भी मौजूद थे जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभाग भी है मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए उद्यमियों ने युवाओं को कौशल विकास के साथ साथ उद्योगों में काम करने के प्रति रूझान पैदा करने का सुझाव दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के उप कुलपति राज नेहरू को व्यावहारिक योग्यता के लिए थोड़ी अवधि का कोर्स तैयार करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से मुखातिब होते हुए कहा कि वे रोजगार में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दें पर ये उनपर बाध्यता नहीं है पत्रकारों के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विधेयक पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है

अंबाला मंडल रेल प्रबंधक गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि आज का स्वच्छता अभियान स्वच्छ नीर रहा

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को योग व व्यायामक े लिए समय निकालना चाहिए खेल मंत्री फिट इंडिया अभियान के तहत आज कुरूक्षेत्र के मार्कण्डेश्वर स्टेडियम शाहबाद में आयोजित एक जागरूकता रैली कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे इससे पहले खेल मंत्री ने एक जागरूकता रैली को रवाना किया जो शहर में आमजन को फिट इंडिया मुहिम के तहत स्वस्थ रहने के लिए योग और खेलों के प्रति जागरूक करेगा इस दौरान खेल मंत्री ने खुद दोड़ लगाई और हॉकी खिलाड़ियों को खेल सामग्री भी वितरित की खेल मंत्री ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा में खेलो इंडिया का आयोजन अनूठे अंदाज में होगा उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया में जहां नये खिलाडियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा वहीं युवा को खेलों में भाग लेने की प्रेरणा भी मिलेगी

आज पंचकला में दो अंबाला और सिरसा जिलों में भी दो दो और फरीदाबाद में एक कॉविड मरीजों की मृत्यु होने की भी खबर मिली है